राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाने में सहयोग करें स्वयं सहायता समूह मुख्यमंत्री के अधिकारियों को बजट आश्वासन तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश प्रदेश में सक्रिय हुआ मॉनसून अगले एक सप्ताह तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना

उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने इस धर्म को सत्य की नई अभिव्यक्ति के रूप में देखा भगवान बुद्ध का ज्ञान और शिक्षा बौद्धिक उदारता तथा आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारतीय परम्परा के अनुरूप है उन्होंने आज आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में धम्म चक्र दिवस समारोह का उदघाटन किया इसका आयोजन केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके पर एक वीडियो संदेश में कहा कि उनकी शिक्षाएं अतीत के साथ साथ वर्तमान में प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगी नरेन्द्र मोदी ने कहा कि होनहार युवा वैश्विक समस्याओं के समाधान तलाश रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के आठ उपदेश विभिन्न समाजों और राष्ट्रों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि स्वयं सहायता समूह और सहकारी सभाएं अपने उत्पाद की ब्रांडिंग कर आत्म निर्भर भारत बनाने में सहयोग करें राज्यपाल अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर आज शिमला में स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण विकास व सहकारिता विभाग के अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य लोकल वोकल व ग्लोबल से है उन्होंने मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने पर बल देते हुए कहा कि ऐसा करने से आपूर्ति अपने आप हो जाती है राज्यपाल ने स्थानीय उत्पादों की बिकी के लिए स्वयं सहायता समूहों को ऑनलाईन प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया उन्होंने समूहों के सदस्यों से मेरा गांव मेरा समाज की भावना से काम करने को कहा बंडारू दत्तात्रेय ने संबंधित विभागों को ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव और डीपीआर तैयार कर केन्द्र को भेजने के निर्देश दिए ताकि स्वयं सहायता समूहों को अधिकाधिक मदद मिल सके मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना महामारी ने हमें और ज्यादा लगन के साथ अलग अलग रणनीति अपनाकर काम करना सिखा दिया है मुख्यमंत्री ने आज प्रदेश के उपायुक्तों और खंड विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश की अफसरशाही ने पूरी प्रतिबद्धता से काम किया है उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि कोरोना की मुश्किल घड़ी में भी प्रदेश में सभी विकासात्मक गतिविधियां बिना किसी बाधा के आगे बढ़ीं उन्होंने अधिकारियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वितों की सूची बनाने को कहा ताकि ऐसे लोगों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके मुख्य सचिव अनिल खाची ने इस मौके पर कहा कि देश के दूसरे हिस्सों से हिमाचल आने के लिए भले ही अब ई पास की जरूरत नहीं है लेकिन इसके बावजूद रैड जोन क्षेत्रों से आ रहे लोगों के लिए क्वारंटीन की शर्त खत्म नहीं की गई है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के संजौली ढली और इंजन घर वार्डो में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जनता के नाम पत्र ओर केन्द्र सरकार की एक साल की उपलब्धियों के प्रपत्र लोगों में बांटे

भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश व्यवस्थाओं की जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकला है उन्होंने बाद में ढली में पुलिस क्लब व नशा निवारण समिति द्वारा आयोजित एक समारोह में कोरोना योद्वाओं को भी सम्मानित किया बिक्रम ठाक्र उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने को कहा है बिकम ठाक्र आज शिमला में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को राज्य में निजी क्षेत्र में चल रहे कौशल प्रशिक्षण संस्थानों की नियमित रूप से निगरानी के निर्देश दिए उद्योग मंत्री ने कहा कि यदि कोई संस्थान दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए उन्होंने ऐसे संस्थानों से प्रशिक्षण ले रहे युवाओं की प्लेसमेंट सुनिश्चित करने को भी कहा जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अधिकारियों को बजट आश्वासनों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं ताकि इन योजनाओं का लाभ लक्षित समृहों तक पहंचाया जा सके

उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना के तहत प्रदेश के एक सौ स्कूलों में सुधार लाया जाएगा इसके तहत स्कूलों में गुणात्मक बदलाव और छात्र शिक्षकों का उचित अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा

इसके साथ ही राज्य में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या नौ हो गई है

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बागवानों को आ रही समस्याओं पर चिंता व्यक्त की है राठौर ने आज शिमला में एक बयान में आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बागवानों के प्रति कतई गंभीर नहीं है उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले मजदूरों के प्रबंध का आश्वासन दिया लेकिन अब इससे पीछे हट गई है उन्होंने सरकार से इस दिशा में तुरंत कदम उठाने और सड़कों की हालत सुधारने की मांग की ताकि सेब सीज़न सुचारू रूप से आरंभ हो सके विक्रमादित्य कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का समान विकास उनकी प्राथमिकता है अपने चुनाव क्षेत्र से आए एक प्रतिनिधिमंडल को अपने निजी आवास हॉली लॉज में संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला ग्रामीण उनका चुनाव क्षेत्र ही नहीं है बल्कि घर है और इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं

सिरमौर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र सिंह को पदोन्नत कर एसपी एसडीआरएफ जुन्गा लगाया गया है इसी तरह बददी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरेश कुमार को गृह रक्षक मुख्यालय में कमांडेंट के पद पर तैनाती दी गई है ऊना में डीएसपी अशोक कुमार को पदोन्नत कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोलन लगाया गया है जबकि विजिलेंस में डीएसपी विजय कुमार को पदोन्नत कर शिमला में ही विजिलेंस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लगाया गया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजेश सूद को मुख्यमंत्री की सुरक्षा में एएसपी तैनात किया गया है मौसम प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सकिय हो गया है

इससे प्रदेशवासियों ने राहत की सांस ली है क्योंकि मॉनसून प्रदेश में पहुंचते ही कमजोर पड़ गया था इस बीच विभाग ने अगले एक सप्ताह तक राज्य में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है

अमित कश्यप उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा है कि सेब सीजन के लिए जिले में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उन्होंने कहा कि जिले में मुख्य मंडी के साथ साथ सैटेलाईट मंडियों का निर्माण किया गया है इनमें चिड़गांव मैंदली रोहडू और हैलीपैड ग्राउंड शामिल हैं उन्होंने कहा कि इन छोटी छोटी मंडियों में भी सेब की खरीद के लिए आढ़ती बैठेंगे और यहां सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा